परंत ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी में आने वाले कम जोखिम वाले जिलों में प्रयाप्त रियायतें दी जाएंगी गहमंत्रालय ने कल नये दिशानिर्देश जारी किये जो रेड ग्रीन और अरेंरिज जोन में विभाजित जिलों के जोखिम के अनुसार लागू होंगे कल तक जिन जिलों में कोविड नाइन्टीन का कोई मरीज नहीं था अथवा जिन जिलों में संक्रमण के किसी मामले की पृष्टि नहीं हई थी वे ग्रीन जोन में समझे जाएंगे कोविड नाइन्टीन के सक्रिय मामलों की कृत संख्या संक्रमित व्यक्तियों के दोग्ना होने की दर परीक्षण की स्थिति और निगरानी से प्राप्त जानकारी के आधार पर रेड क्षेत्र अथवा हॉटस् पहचान की जाएगी ऐसे जिले जो रेड अथवा ग्रीन क्षेत्र में नहीं आयेंगे उन्हें अॅरिंज क्षेत्र समझा जाएगा रेड क्षेत्र अॅरिंज क्षेत्र और ग्रीन क्षेत्र में आने वाले जिलों की सुची स्वास्थ्य मंत्रालय साप्ताहिक आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी करेगा राज्यों को इस बात की छट होगी कि वे कोविड नाइन्टीन संक्रमण के फैलाव के अनुसार अतिरिक्त जिलों को रेड अथवा ऑरेज क्षेत्र में शामिल करने पर विचार सकते हैं परन्तु स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित रेड और अॅरिंज क्षेत्रों की सूची के वर्गीकरण में स्वयं कोई कमी नहीं कर पाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड नाइन्टीन महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की है उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने समय पर कारगर कदम उठाए और भारत ने महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में प्रमुख भूमिका अदा की एक समाचार पत्र को साक्षात्कार में श्री कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में देश ने जिस तरह से इस महामारी का सामना किया है उसे भारतीय आदर्श के रूप में देखा जा सकता है उन्होंने कहा कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीय मॉडल सफल रहा है राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने वसुधैव क्ट्म्बकम और जियो और जीने दो की भावना प्रदर्शित करते हुए एक सौ से अधिक देशों को दवाओं की आपूर्ति की उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद दुनिया आर्थिक वैश्वीकरण से स्वास्थ्य वैश्वीकरण की दिशा में आगे बढ़ेगी उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस च्वनौती से निपटने के बाद भारत अधिक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभरेगा उन्हॉने कहा कि भारतीय नेतृत्व प्रशासन और नागरिकॉ ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया उसकी विश्व भर में सराहना हो रही है राष्ट्रपति कोविंद ने भारत जैसे बड़े और घनी आबादी वाले देशों से आग्रह किया कि वे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय करें केंद्रीय और सुचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में चार मई से व्यावहारिक तौर पर लगभग आघे देश में काम काज शुरू हो जाएगा श्री जावडेकर ने कहा कि लॉकडाउन से हमें सफलता मिली है और कोरोना महामारी को रोकने में अन्य देशों की तुलना में भारत का निष्पादन बेहतर रहा है श्री जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष केवल दोषारोपण में लगा हुआ है और उसके पास विचार विमर्श का कोई एजेंडा या मुद्दा नहीं है उन्हॉने कहा कि विपक्ष ऐसे मुद्दों पर सरकार की आलोचना करता है जिन पर वह पहले सहमति व्यक्त कर चुका होता है केन्द्र सरकार प्रघानमंत्री जनधन योजना की महिला लाभार्थियों के खाते में पांच सौ रुपये की दूसरी किस्त जमा करवाने के लिए बैंकॉ को राशि जारी कर रही है इस योजना के तहत हर महिला लाभार्थी को पिछले महीने से पांच पांच सौ रुपये की तीन किस्तें दी जानी हैं पिछले महीने के पहले सप्ताह में पहली किस्त के तौर पर लगभग बीस करोड़ महिला लाभार्थियों के खाते में राशि जमा कराई गई थी विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयास करते हैं केन्द्र सरकार ने उस व्हाट्स एप संदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को घर पर ऑनलाइन अध्ययन के लिए चार हजार रुपये की छात्रवृत्ति देने का दावा किया गया है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में इस दावे को भ्रामक और निराधार बताया है पीआईबी ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है पीआईबी ने सोशल मीडिया पर आ रहे उस संदेश को भी खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि कोरोना संक्रमण के दौरान सरकार प्रधानमंत्री मास्क योजना के तहत निशुत्क मास्क वितरण कर रही है पीआईबी ने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है और यह संदेश फर्जी है प्रदेश सरकार लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे कामगारों और श्रमिकों को राज्य में वापस लाने के लिए हरसंभव उपाय कर रही है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि श्रमिकों को प्रदेश लेकर आने वाली पहली विशेष ट्रेन आज सुबह करीब दस बजे महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हुई ट्रेन आठ सौ पैंतालीस श्रमिकों और मजदूरों को लेकर झांसी कानपुर के रास्ते से होते हुए कल लखनऊ पहुंचेगी बस्ती जिले में कोरोना संक्रमण के आज सात नए मामले सामने आए जिसके बाद जनपद में कोविड नाइन्टीन के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर सत्रह हो गयी है जिलाधिकारी ने बताया कि ये सभी सात लोग हाल ही में मुंबई से लौटे हैं और फिलहाल हरैया के क्वारंटीन केंद्र में रूके हुए हैं जनपद में अब तक कुल इकतीस लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है तेरह लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं जबकि एक युवक की मृत्यु हुई है इस बीच वाराणसी में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बावन हो गयी है जिले में अब तक कोविड नाइन्टीन के इकसठ मरीज मिले हैं आठ लोग स्वस्थ हुए हैं जबकि एक की मृत्यु हुई है